संसद में अंतरिम बजट पेश होने के बाद उद्योग और आम लोगों ने बजट का स्वागत करते हुये इसे कल्याणकारी बताया है बैंकिग उद्योग और मीडिया जगत ने बजट का स्वागत करते हुए इसे मध्यम वर्ग के हितों वाला कहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष एचके भानवाला ने कहा है कि ब्याज में छूट से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने इसे विकास को प्रोत्साहित करने वाला बताया है और कहा है कि इससे मध्यम वर्गीय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी आईबीए के अध्यक्ष सुनिल मेहता ने कहा है कि इस बजट से किसानों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत मिलेगी वही भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई और अखिल भारतीय उद्योग संघ ने बजट का स्वागत करते हुए इसे समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला कहा है सीआईआई के पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष पिरूज खम्बाटा ने बजट को समाज के हर वर्ग के लिए राहत देने वाला बताया है अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष विजय कालांत्री ने कहा है कि रियल एस्टेट को दी गयी राहत और आयकर में छूट से अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा इधर बजट में फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विन्डो क्लियरेन्स के प्रस्ताव का मीडिया और मनोरंजन उद्योग ने स्वागत किया है मनोरंजन जगत ने पायरेसी रोकने के सरकार के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है वायाकॉम एटीन के एमडी सुधांशु वत्स ने कहा है कि इससे फिल्म उद्योग को अपना काम तेजी से करने में मदद मिलेगी और फिल्म निर्माता सभी भाषाओं में फिल्म बना सकेंगे

मेरा नाम राजेन्द्र किशोर है जो हमारी गवर्मेट है उन्होंने पर मजदूर को तीन हजार रूपये पर मंथ साठ साल के बाद में जो देने की घोषणा की है

सुरेश पाल सरकारी कर्मचारी सरकार ने पांच लाख करोड़ रूपये का इनकम टैक्स में राहत करके बहुत अच्छा किया है राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी के गरीबों के लिए दस प्रतिशत कोटे के विधेयक को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कूमार की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया इस महीने की ग्यारह तारीख से शुरू होने वाले बजट सत्र में सरकार इस बारे में एक अलग विधेयक लायेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का कार्य इस महीने में पूरा हो जायेगा वहीं बैठक में सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मत संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को देने का निर्णय लिया गया है कटिहार जिले के कुरसेला में कोसी नदी पर बने पुल का गार्टर धंस जाने से पुल पर भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है सात राज्यों को जोड़ने वाले इस पुल के क्षतिग्रस्त हो जानेसे देश के पूर्वोत्तर इलाके से सड़क संपर्क बाधित हो गया है पुल पर जिला प्रशासन ने एक दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की है एसडीओ नीजर कुमार ने बताया कि पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना पुल निगम और एनएचआई को दे दी गयी है वहीं एनएचआई के सहायक अभियंता अंबुज कुमार ने बताया कि पूल को और खराब होने से बचाने के लिये भारी वाहनों का परिचालन रोका गया है जल्द ही पुल की मरम्मत कर दी जायेगी बिहार लोक सेवा आयोग ने साठवीं से बासठवीं तक की परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है जिसमें मधुबनी जिले के सुशांत कुमार चंचल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जबकि द्रसरे स्थान पर पटना के अमीर अहमद और तीसरे स्थान पर औरंगाबाद की श्रेया कश्यप रही हैं टॉप टेन में इस बार तीन महिलाओं को स्थान मिला है आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि इस बार छह सौ बयालीस परीक्षार्थी सफल घोषित किये गये हैं नियंत्रक ने कहा कि सामन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन पांच सौ इक्यानवे अंक तक किया गया है जबकि एससी वर्ग में पांच सौ बावन और एसटी वर्ग में पांच सौ अड़सठ अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन किया गया है राज्य के मौसम में बदलाव जारी है पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होने से लोगों को ठंड से राहत मिली है इससे राज्य में मौसम तेजी से बदल रहा है कभी आकाश में बादल छा जा रहे हैं तो कभी आसमान साफ हो जाता है जिससे ठंड में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस साल समय से पहले गर्मी आयेगी जबकि इस महीने के मध्य तक पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के कारण तापमान में आंशिक गिरावट हो सकती है पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिणी बिहार और पटना के आसपास के क्षेत्रों में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा जबकि उत्तर बिहार के कई जिलों में बादल छाये रहने की संभावना है

गया जिले में सेना में बहाली के लिए चल रही परीक्षा में पहले दिन तीन हजार एक सौ छत्तीस अभ्यर्थी शामिल हुये जिसमें से दो सौ सत्तर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है केंद्र सरकार ने आतंकवादी कार्यों में शामिल सिमी नामक संगठन पर प्रतिबंध को अगले पांच साल तक के लिये बढ़ा दिया है गृह मंत्रालय के अनुसार यह संगठन लगातार विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है जिसके कारण यह कार्रवाई की गयी है दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव के पास बाईक सवार तीन अपराधियों ने एक बचत बैंक के एजेंट को गोली मारकर तेरह लाख रूपये लूट लिये घायल एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस छापेमारी कर रही है पटना जिले की त्वरित न्यायालय दो ने एएसपी राजकुमार यादव के सजा के बिंदु पर सुनवाई को सात फरवरी तक टाल दिया है यह कारवाई आरोपित के बीमार पड़ जाने के कारण की गयी है गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के गोसाईपिपरा गांव में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हो जाने से एक ही परिवार के छह सदस्य झुलस गए घायलों को गम्भीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है कैमूर जिले में उत्तर प्रदेश झारखण्ड और बिहार के उच्च अधिकारियों की एक बैठक हुयी जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान जाली नोट और अवैध हथियार की तस्करी को कड़ाई से रोकने का निर्णय लिया गया पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल के पास पुलिस ने नेपाल से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे नाइजिरिया मूल के चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित किये जा रहे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है राम प्रताप सिंह को टीम का कप्तान बनाया गया है

हाजीपुर में खेली जा रही पच्चीसवीं राज्य सीनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरूष वर्ग में नवगछिया ने वैशाली को पैंतीस दस पैंतीस तेरह से हरा दिया वहीं महिला वर्ग के एक मुकाबले में वैशाली ने बेगूसराय को पैंतीस बीस पैंतीस चौबीस से पराजित कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने संसद में पेश अंतरिम बजट से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है चुनावी साल में भी विशेष दर्जे की चर्चा नहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है राहत रियायत और सियासत दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है बिहार में भी गरीब सवर्णों को नौकरी शिक्षा में दस प्रतिशत आरक्षण प्रभात खबर ने बीपीएससी परीक्षा परिणाम पर शीर्षक दिया है मधुबनी के सुशांत बने टॉपर आमिर दूसरे और श्रेया तीसरे स्थान पर